दिव्यांगजनों को दिए गए सहायक उपकरण

मुख्य कार्यक्रम रतलाम के जावरा में

अनूपपुर नगरपालिका परिषद शिवपुरी जिले के नरवर नगर परिषद सीधी जिले के चुरहट बैतूल के भैंसदेही और रायसेन के साँची में आम निर्वाचन होगा नगर परिषद करनावद देवास और खिलचीपुर राजगढ़ में उप निर्वाचन होगा नगर परिषद् करही पांडल्याखुर्द जिला खरगोन सिरमोर जिला रीवा और लांजी जिला बालाघाट में अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के लिए निर्वाचन होगा

शिविर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिये सागर जिले के खुरई में आज सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया कार्यक्रम मे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचन्द्र गेहलोत ने दिव्यांगजनों को निशुल्क सहायक उपकरण वितरित किये

कार्यक्षता की अध्यक्षता गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने की

वहीं कल श्री गेहलोत ग्वालियर दौरे पर है यहां वे सहकारिता शिविर में हिस्सा लेंगे नरोत्तम मिश्रा जनसम्पर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र आज दतिया जिले में तीन दिन पहले कश्मीर में शहीद हुए रेव गांव निवासी जवान रंजीत सिंह तोमर की अंत्येष्टि में शामिल हुए शहीद रंजीत का राजकीय सम्मान से आज सुबह अंतिम संस्कार हुआ जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हए डॉ मिश्र ने शहीद जवान को उनके निवास पहंच कर पृष्प चक्र अर्पित किया और पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया डॉ मिश्र ने कहा कि दतिया के शहीद रंजीत सिंह की शहादत यूगों तक याद रखी जाएगी जनसम्पर्क मंत्री ने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया वहीं सैन्य टुकड़ी ने शहीद को सलामी दीं

पखवाड़े के दौरान विभिन्न स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी सेवाएँ दी जायेंगी

जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौदह जुलाई को अपनी तीसरी जन आशीर्वाद यात्रा उज्जैन से शुरू करेंगे इस यात्रा का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे यह यात्रा सभी दो सौ तीस विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मंच सभा होगी और चार सौ पिचहत्तर रथ सभाएं होंगी इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सात सौ से ज्यादा सभाओं को संबोधित करेंगे पचपन दिनों तक चलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का समापन पच्चीस सितंबर को भोपाल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में किया जायेगा यात्रा के पहले चरण में मुख्यमंत्री चौदह और पन्द्रह जुलाई को उज्जैन संभाग और दूसरे चरण में अठारह और उन्नीस जुलाई को रीवा संभाग में जनता से मुलाकात करेंगे

मुख्य कार्यक्रम रतलाम जिले के जावरा में आयोजित होगा वे स्वयं जावरा से पूरे प्रदेश के हितग्राहियों को संबोधित करेंगे श्री चौहान आज अपने निवास से सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे

उन्होंने कहा कि इसके बाद जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर कटे हैं वे सब एक साथ जोड़ दिये जायेंगे और एक दिन प्रकाश पर्व मनाया जायेगा लोधी निघन केन्द्रीय मंत्री उमाभारती के भाई और पूर्व विधायक स्वामी प्रसाद लोधी का आज उनके गृहनगर टीकमगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री लोधी के निधन पर शोक जताया है श्री चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री लोधी ने ब्रंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिये चिंतन करते हुए राजनैतिक और सामाजिक चेतना जागृत की उन्होंने प्रदेश के विकास के लिये अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया श्री लोधी की अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय राज्य मंत्री वीरेन्द्र खटीक विधायक केकेश्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए

हादसा दमोह जिले के बांदकपुर चौकी क्षेत्र में बारातियों को लेकर जा रही एक बस के द्र्घटनाग्रस्त होकर पलट जाने से उसमें सवार दो बारातियों की मौत हो गई और पैतीस से अधिक घायल हो गए

सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस ने बस चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है

मुख्यमंत्री ने आज अपने ट्वीट संदेश में कहा कि राज्य में मानसून सक्रिय है

सरकार ने ऐहतियातन आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं और नागरिकों को भी सतर्क रहना चाहिए स्थानीय मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में आगामी एक दो दिनों में खंडवा खरगोन बुरहानपुर बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट मंडला अलीराजपुर बड़वानी देवास रायसेन और कुछ अन्य जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है इसके अलावा शेष जिलों में भी बारिश की संभावना जतायी गयी है

बैठक में पेयजल सड़क विद्युत स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई